प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने आज गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प आयोजन में एक लाख से अधिक लोगों को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा पर आये राष्ट्रपति ट्रम्प का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों राष्ट्रों की लोकतांत्रिक परम्पराएं उनके मजबूत आपसी संबंधों का आधार है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अपनी गहरी दोस्ती और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का भी जिक्र किया राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने भाषण के जरिये भारतीय लोगों के साथ निजी सम्पर्क साधने का प्रयास किया उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के एक उद्दरण का जिक्र किया और महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल जैसे महाप्रुषों को याद किया

आश्रम की आगन्तुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बडा मित्र बताया और शानदार भारत यात्रा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया

विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में सरकार से जवाब की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने पर भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया शून्यकाल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य नारायण बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मुददा उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में संवेदनहीनता का परिचय दिया है मामला दर्ज करने में देरी हई और साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया उन्होंने सरकार से थानागाजी प्रकरण की तरह विशेष कदम उठाने और पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने भी इस मामले पर ॅपुलिस के बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा राजस्थान शर्मिंदा है

शिक्षा विभोग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आज जारी की गई अधिसूचना के अनुसार श्री जोराली की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से तीन साल के लिये की गयी है

उन्होंने बाडमेर रेलवे स्टेशन पर आगामी दिनों में वाईफाई शुरु करवाने का भरोसा दिलाया इस दौरान केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी तथा बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां संचालित करने तथा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में अवंगत करवाया

समाचारों में इससे पहले हम आपको असम के रहन सहन खान पान संस्कृति और व्यवसाय सहित कई अन्य जानकारी दे चुके हैं

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को लिखे पत्र में श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के लिए इस योजना में केन्द्र और राज्यों का अंशदान बराबर रखा गया है जबकि विषम जलवाय परिस्थितियों के कारण राजस्थान की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा कि मरुस्थलीय इलाकों में ज्यादातर गांव ढाणियों दूर दूर बसी हैं और वहां पेयजल योजनाओं की लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक आती है

ब्यूरो ने एक अन्य कार्यवाही में चेचट थाने में तैनात हैड कांस्टेबल अजीत सिंह को दस हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है

दौसा जिलो के लालसोट में आज शाम ओले गिरे जबकि जिला मुख्यालय पर हल्की बारिश हई